प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के समय पर किए फैसलों से देश में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में सहायता मिली है

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सप्ताहों में विदेश से हजारों भारतीय स्वदेश लौटे हैं और सैकडों प्रवासी मजदूर अपने गृह नगर पहुंचे हैं

मार्च में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्रियों के साथ यह छठा संवाद है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोरोना महामारी के समय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता और राजनीतिक इच्छाशक्ति को एक बार फिर साबित किया है उन्होंने कहा कि जहां एक ओर विश्व के सबसे ताकतवर देश इस महामारी के आगे संघर्षरत है वहीं भारत की स्थिति इनकी तुलना में काफी सुखद है ये सब प्रधानमंत्री द्वारा समय रहते लिए गए निर्णयों के कारण सम्भव हो पाया है मुख्यमंत्री आज कांगड़ा जिला के जसवां परागपुर भाजपा मण्डल की वर्चुअल रैली को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण ने हमें विकासात्मक नीतियों कार्यक्रमों और रणनीतियों को नए सिरे से सोचने व बनाने पर विवश किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज राज्य की आर्थिकी को पुनः सुदृढ़ बनाने में सहायक सिद्ध होगा

गोविंद ठाकुर वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि ट्रांसपोर्टरों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश सरकार हर सम्भव कदम उठा रही है उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसी भी तरह की आर्थिक गतिविधि अथवा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में इस सैक्टर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है गोविंद ठाकुर कुल्लू में सनोर वैली ट्रक यूनियन भूंतर और द लोअर कुल्लू ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे गोविंद ठाकुर ने कहा कि परिवहन विभाग ट्रक यूनियनों द्वारा उठाई गई समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित कदम उठाएगा रणधीर प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में भाजपा पूरी तरह एकजुट है और पार्टी में किसी तरह की अंर्तकलह नही है रणधीर शर्मा ने मण्डी में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि बड़े परिवारों में कुछ न कुछ विवाद होता रहता है लेकिन जिस विवाद की इस समय चर्चा हो रही है उसे पार्टी ने पूरी तरह सुलझा लिया है उन्होंने कांग्रेस पर भी जुबानी हमला बोला और कहा कि उसे दिन में सपने देखने की आदत हो गई है बिंदल पूर्व भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज वर्चुअल रैली के माध्यम से नाहन विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से संवाद किया बिंदल ने इस मौके पर कहा कि नाहन विधानसभा क्षेत्र विकास की नई मंजिलें छू रहा है उन्होंने लोगों से कोरोना महामारी के दृष्टिगत पूर्ण एहतियात बरतने और केवल जरूरी होने पर ही घरों से निकलने की अपील की बिंदल ने ये भी कहा कि केन्द्र तथा प्रदेश सरकार आर्थिक गतिविधियों को फिर से पटरी पर लाने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है सीपीएम वामपंथी दल माकपा ने कोरोना महामारी के कारण बेरोजगार हुए मजदूरों किसानों छोटे कारोबारियों और अन्य वर्गों के लिए तुरन्त राहत प्रदान करने की मांग को लेकर आज प्रदेश भर में प्रदर्शन किया पार्टी के राज्य सचिव मंडल सदस्य संजय चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार इस संकट से निपटने में विफल रही है तथा प्रभावित लोगों को अभी तक कोई राहत नहीं दी गई है

पार्टी मरनेगा के तहत कम से कम दो सौ दिन का रोजगार सुनिश्चित करने और किसानों को दिए गए तीन लाख तक के ऋणों को माफ करने की भी मांग कर रही है